्स सेवा सप्ताह के तहत आज जयपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उदघाटन किया

्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेडी मेला आज सम्पन्न हुआ

सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित कई बचाव दल राहत कार्य में लगे हुए है भारी बारिश के चलते झालावाड़ जिले के चौमेला और डग क्षेत्र में हालात ज्यादा खराब हो रहे है चौमेला में रेलवे ट्रैक पर पानी भरने के कारण दिल्ली मुंबई रेलमार्ग बाधित हो गया है इसके अलावा सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने और पानी भरने के कारण कई गांवों का संपर्क दूट गया है जिले की कालीसिंघ आहू परवन छापी सहित अन्य छोटी बडी नदियां उफान पर है

झालावाड जिले में भारी वर्षा के मददेनजर जिला कलेक्टर ने सभी स्कलों में कल अवकाश घोषित किया है उधर कोटा जिले में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है

इसे देखते हुए सवाईमाधोपुर और धौलपुर जिलों के कई गांवों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है

इसे देखते हुए प्रशासन ने गांव को खाली करने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिये आगाह करना शुरू कर दिया है

इसके बाद चित्तौडगढ़ रावतभाटा का संपर्क द्रट गया है मैथिली पुलिया सहित कई स्थानों पर पानी के कारण कई मार्ग बंद हो गए है बांसवाडा और करौली में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है राजधानी जयपूर में भी सुबह से कभी धीमी तो कभी तेज बरसात हो रही है

सिरोही उदयपुर राजसमंद प्रतापगढ ड्रंगरपुर ब्रंदी भीलवाडा और बांसवाडा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट वहीं अन्य कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है झालावाड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि मलेरिया डेंगू स्क्रब टाईफस और मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिये विशेष कार्य योजना बनाकर काम शुरू किया गया है इस बीच राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर बाढ प्रभावित जिलों में कार्यरत सभी अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर दिये है जहां राज्य के हाड़ौती और वागड क्षेत्र भारी वर्षा से परेशान हैं वहीं बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ झुंझनूं और चूरू जिलों के किसान वर्षा के लिए तरस रहे हैं हमारे चूरू संवाददाता ने बताया कि तेज धूप और वर्षो की कमी के कारण फसले पीली पड़ गई है वर्षा जल्दी नहीं हुई तो फसले सूख जायेंगी

इस प्रदर्षनी में श्री मोदी के जीवन तथा प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके द्वारा किये गये निर्णयों को दर्षाया गया है उदघाटन के बाद मीडिया से बातचीत में श्री पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बुनियादी विकास को दिषा दी है

एम विश्वेश्वरैयों की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे एक द्रदृष्टा सिविल अभियंता थे जिन्होंने बांधों के माध्यम से भारत के जल स्रोतों का इस्तेमाल किया श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्र उनके महान योगदान को हमेशा याद रखेगा अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियंता लगन और दृढ़ निश्चय के पर्याय हैं मानवीय प्रगति उनके उत्साहपूर्ण नवाचार के बिना अधूरी है

कार्यक्रम की शुरूआत आज सुबह संदेश यात्रा से हुई हमारे संवाददाता ने बताया कि संदेश यात्रा में दो हजार से अधिक विधार्थियों ने हिस्सा लिया

कार्यक्रम की यह सत्तावन वीं कड़ी होगी एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने माई जीओवी ओपन फोरम या नमो एप पर अपने विचार भेजने को कहा है

इनके पास से प्रतिबंधित नशीली दवाईयां कैप्सूल और एक मोटरसाईकिल बरामद की गई है पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है

डा कल्ला आज बीकानेर में आयोजित संभागीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आज पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में है जो भी पत्रकार निर्भीक्ता से लिखता है उसे अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ रही है उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के प्रति सजग है और उसके लिये जो भी किया जाना आवश्यक होगा राज्य सरकार करेगी

पुलिस महानिदेशक भूर्पेन्द्र सिंह ने बताया कि श्री डूडी को मिली धमकी के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जांच एसओजी को साँपी गई है

भारत की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे है दक्षिण अफ्रीका की कमान विकेट कीपर क्विंटन डीकॉक संभाल रहे है